उप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित आवास को किया गया सील

सरगुजा जिले में आज से तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव शुरू

राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान दो मार्च को बिलासपुर स्थित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे श्री कोविंद विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी करेंगे राष्ट्रपति एक मार्च को सुबह रांची विमानतल से भारतीय वायुसेना द्वारा स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर आएंगे श्री कोविंद हेलीकाप्टर द्वारा बिलासपुर जाएंगे और वहां दो मार्च को आयोजित दीक्षांत समारोह में सम्मलित होंगे इसके बाद वे रायपुर आकर भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली लौट जाएंगे प्रधानमंत्री जल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तरप्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया और हर घर जल परियोजना की शुरूआत की इस परियोजना के जरिए सभी घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशभर में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों की भी शुरूआत की और प्रधानमंत्री किसान परियोजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दस हजार किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को अब उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को देश के किसानों से जोड़ा हैं ताकी किसानों की आय बढ़ सके इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में कहा कि उनकी सरकार लोगों के जीवन को आसान और आरामदेह बनाने के लिए अनेक कार्य कर रही है दिव्यांगों वरिष्ठजनों निर्धनों और वंचितों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं आयकर छापा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का छापा आज तीसरे दिन भी जारी रहा आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर में पूर्व पार्षद अफरोज अंजूम और कारोबारी गुरूचरण सिंह होरा के घर पर छापा मारा आयकर विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित आवास को भी सील कर दिया है आयकर विभाग की टीम पिछले करीब तीस घंटों से सौम्या चौरसिया के आवास के सामने कैम्प कर रही थी वहीं आबकारी विभाग के ओएसडी अरूणपति त्रिपाठी के घर पर भी आयकर विभााग की कार्यवाही जारी रही आयकर विभाग द्वारा छापे की यह कार्यवाही परसों से शुरू हुई है जिसमें आयकर विभाग की टीम ने राज्य के कुछ बड़े कारोबारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के निवास तथा कार्यालय पर छापा मारा आयकर की टीम ने कछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं ह स बीच छापेमारी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में रायपुर स्थित आयकर विभाग के भवन का घेराव किया इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्र हुए और रैली की शक्ल में सिविल लाइन स्थित आयकर विभाग के भवन की ओर रवाना हुए इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी भी हुई इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा नालसा हेल्पलाइन नंबर राजधानी रायपुर में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण नालसा की हेल्पलाइन शुरू की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश की इस पहली निःशुल्क नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर एक पांच एक शून्य शून्य का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहली नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से हो रही है जो राज्य के लिए गौरव का विषय है उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को जल्द सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में यह हेल्पलाइन बड़ी मददगार साबित होगी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद मेनन ने कार्यक्रम में कहा कि यह विधिक सहायता हेल्पलाइन गरीबों में सबसे गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए प्रारंभ की गई है इसका लाभ अधिक से अधिक लोग तक पहंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार जरूरी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न्यायालय परिसर में करीब ढाई करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले एडी आर भवन और सवा करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले न्याय सदन का भूमिपूजन भी किया न्याय सदन में निःशल्क विधिक सेवा सलाह सहायता के साथ ही लोक अदालत और विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित किए जा सकेंगे यहां दूर दराज से आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी

ये माओवादी पिछले कई वर्षों से कांगेर घाटी में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक माओवादी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं बीाजपुर जिले में भी एक माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है मिली जानकारी के अनुसार अन्य माओवादियों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया था किसी तरह वह भाग कर पुलिस के पास पहुंचा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है कैबिनेट बैठक स्थगित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है यह बैठक पहले कोरबा जिले के सतरेंगा में होने वाली थी जिसका स्थान बदलकर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास किया गया लेकिन आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है

आईएएस तबादला राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं संचालक भौमिकी और खनिकर्म अजीत वसंत को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है वहीं चिप्स के सीईओ समीर विश्नोई को संचालक भौमिकी और खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक मिनरल डेब्लपमेंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की मुख्य परीक्षा परसों दो मार्च से शुरू होगी इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में तीन लाख बयानवे हजार तथा हायर सेकेंडरी में दो लाख सतहत्तर हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के अतिरिक्त परीक्षार्थियों को पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी सरगुजा जिले में आज से तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव शुरू हो गया है

दो मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में पच्चीस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी पहले दिन कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ी नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी गई महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा मुंगेली मैराथन सुपोषण अभियान के तहत सेहत और पर्यावरण संरक्षण के लिए मुंगेली जिले में आज मुंगेली मैराथन का आयोजन किया गया पांच और दस किलोमीटर की मैराथन में देश विदेश के प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया सुबह स्थानीय विश्राम गृह से इस मैराथन की शुरूआत हुई

तेलीबांधा तालाब के पास कल शाम सात से आठ बजे के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया सहित लगभग पन्द्रह सौ महिलाएं पॉवर वॉक करेंगी अधिक से अधिक महिलाओं युवतियों और किशोरियो से इसका हिस्सा बनने की अपील की गई है उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर एक मार्च को देश में पहली बार हर राज्य मुख्यालय में महिलाओं का पॉवर वॉक आयोजित किया किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राजनांदगांव जिले में बैंक और ज्वेलर्स दुकान में जेवरात गिरवी रखकर करीब पन्द्रह लाख रूपए की ठगी के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कोरिया जिले में चिरमरी मोहन कॉलोनी के पास खड़े वाहन से पुलिस ने करीब दो टन अवैध लोहा जब्त किया है बालोद जिले में जगतरा के पास चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार एक दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए गुरूर के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है